सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रदेश में सभायें कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज होशंगाबाद संसदीय सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे

इससे पहले कल भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने प्रदेश में जनसभाएं की श्री गांधी ने पन्ना के अमानगंज में भाजपा सरकार पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बुंदेलखंड के विकास के लिए हजारों करोड़ के पैकेज दिये लेकिन भाजपा ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने न्याय योजना की जानकारी भी लोगों को दी वहीं मुरैना में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हये कहा कि प्रदेश की जनता के जनादेश को हमने माना

श्री शाह ने कमलनाथ सरकार को भ्रष्ट बताते हुये कहा कि राज्य में तबादला इंडस्ट्री चालू हो गई है उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिवराज सरकार ने किसानों के हित में काम किया भाजपा की पूर्व मुख्य मंत्री उमाभारती ने कल विदिशा जिले की लटेरी तहसील में सागर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजबहाद्र सिंह के समर्थन में सभा को संबोधित किया नामांकन चौथा चरण लोकसभा निर्वाचन के तहत देश के सातवें चरण और प्रदेश के चौथे चरण के लिए कल नामांकन की जांच हई

कल नाम वापसी का आखिरी दिन है

मायावती कांग्रेस ग्ना से बहजन समाज पार्टी के उम्मीदवार लोकेन्द्र सिंह राजपूत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और उर्न्होने गुना के मौजूदा सांसद और कांग्रेस उम्मीदवार ज्योर्तिरादित्य सिंधिया के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है गुना लोक सभा सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार के कांग्रेस में शामिल होने पर बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रदेश की कमलनाथ सरकार को समर्थन जारी रखने पर फिर से विचार करने की धमकी दी है सुश्री मायावती ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा कि कांग्रेस भी सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग करने में भाजपा से पीछे नहीं है

उसने बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी चुनाव आयोग मोदी निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के वर्धा में भाषण के दौरान कथित रूप से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के बारे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है आयोग ने एक बयान में कहा कि इस मामले में आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया है

प्रशिक्षण के अंतिम दिन मतदान दल के सदस्यों को मतदान प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई मास्टर ट्रेनर्स ने बताया कि सभी पीठासीन अधिकारियों को मतदान शुरू होने के बाद हर घण्टे के बाद कुल मतदान प्रतिशत की जानकारी देना है यह जानकारी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदान प्रतिशत एप से देना है जिला स्तर से कम्यूनिकेशन दल के सदस्य भी मतदान प्रतिशत की जानकारी के लिए हर घण्टे संपर्क करेंगे प्रशिक्षण के दौरान मतदान कर्मियों को मतपत्र लेखा तैयार करने मशीनों की सीलिंग माइक्रो प्रेक्षकों के कार्य पीठासीन अधिकारी की डायरी में जानकारी दर्ज करने तथा दिव्यांग वृद्ध और गर्भवती महिला मतदाताओं को बिना बारी के मतदान की सुविधा के संबंध में जानकारी दी गई है कलेक्टर अपील आकाशवाणी केन्द्र खण्डवा द्वारा कैम्पस कार्यक्रम के अंतर्गत लोकसभा निर्वाचन के तहत आयोजित मतदाता जागरूकता सदभावना रैली की रिकार्डिंग की गई

मौसम केन्द्र भोपाल ने सागर जबलपुर उज्जैन इन्दौर ग्वालियर चंबल और होशंगाबाद में लू चलने की आशंका जताई है विभाग ने लोगों को गर्मी और लू से बचने के लिए हिदायत देते हुए कहा है कि लोग सूर्य की किरणों से सीधे संपर्क में आने से बचे और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें कल प्रदेश का खरगोन जिला सबसे अधिक गर्म रहा

यहां तेज गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है

हमारे सतना संवाददाता ने बताया कि जिले में तेज गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित है दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा बना रहता है होशंगाबाद में झुलसाने वाली गर्मी का असर बना हुआ है

यहां तापमान और बढ़ने की संभावना जताई गई है आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है कल रात रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच वर्षा के कारण बाधित रहा और पांच पांच ओवर का कर दिया गया

राजस्थान रॉयल्स के लैग स्पिनर श्रेयस गोपाल ने विराट कोहली एबी डिविलियस और मार्क्सच स्टोननिस को आउट कर हैट्रिक ली

दोनों टीमों को एक एक अंक दिया गया

आज रात आठ बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला डेल्हीम कैपिटल्स से होगा